कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की पचहत्तरवीं कड़ी होगी मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नटवर्क पर किया जायेगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम के तूरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मददेनजर होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन और किसी भी प्रकार के अन्य आयोजन पर रोक लगा दी है आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि होलिका दहन के अवसर पर कम से कम लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी साथ ही शब ए बरात पर भी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने की बैठक में कोविड प्रोटोकॉल को पूरी सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है केन्द्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले बिहार समेत बारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बैठक की अध्यक्षता की बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कटेंनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें इन राज्यों को बताया गया कि पिछले वर्ष मई के बाद देश में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या और मृत्युदर में तेजी से वृद्धि हुई बैठक में विशेष रूप से उन छियालीस जिलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जहां इस महीने संक्रमण के बढ़ते मामलों का इकहत्तर प्रतिशत मामले सामने आए बैठक में यह भी बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों में कोविड आचरण कंटेनमेंट और प्रबंधन कार्यनीति के बारे में काफी ढिलाई देखी जा रही है राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि अधिक जुर्माना लगाने जैसे उपायों से कोविड प्रतिबंधों को लागू किया जाए प्रदेश के तैंतीस जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक सौ पंचानबे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक अस्सी मामले पटना से सामने आये हैं वहीं बेगूसराय और गया से नौ नौ पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौंसठ हजार छह सौ चार हो गयी है वहीं इसी अवधि में अठहत्तर मरीजों को छट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख इकसठ हजार नौ सौ सत्रह हो गयी है स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव नौ आठ प्रतिशत है एक दिन में दो मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ इकहत्तर हो गया है वर्तमान में एक हजार एक सौ पन्द्रह मरीजों का उपचार चल रहा है पटना में सबसे अधिक चार सौ अड़सठ मरीज इलाजरत हैं प्रदेश में अब तक छब्बीस लाख तेईस हजार सात सौ इकतालीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चूके हैं इसमें इक्कीस लाख छियानवे हजार सात सौ पचासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख छब्बीस हजार नौ सौ छप्पन लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है इधर देशभर में अब तक पांच करोड़ चौरानवे लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं

पिछले आठ मार्च से शुरू विशेष नामांकन अभियान समाप्त हो गया है लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं होने के कारण सरकार ने पहली कक्षा में नामांकन जारी रखने का निर्णय लिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि स्कूलों में नामांकन के लिए चलाया गया प्रवेशोत्सव अभियान का परिणाम उत्साहजनक रहा है लेकिन पहली कक्षा में नामांकन दर कम रही उन्होंने कहा कि आठ मार्च से पच्चीस मार्च तक चले इस अभियान में लगभग छत्तीस लाख छात्र छात्राओं का नामांकन किया गया इधर केन्द्रीय विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एक अप्रैल से शुरू होगा प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किये जा सकते हैं पटना उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में भागलपुर और रक्सौल में पदस्थापित दो न्यायिक पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडे ने भागलपुर की अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीति वर्मा और रक्सौल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है आदेश में कहा गया है कि निलम्बन अवधि में प्रीति वर्मा का मुख्यालय भागलपुर जबकि संजय कुमार का मुख्यालय मोतिहारी रहेगा निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े राज्य के लगभग पन्द्रह लाख पंजीकृत श्रमिकों के खाते में तीन तीन हजार रूपये भेजे जायेंगे यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाले अनूदान की है श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि अनुदान राशि को श्रमिकों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है उन्होंने कहा कि यह अनुदान इसी वर्ष तक मिलेगा नये वित्तीय वर्ष में पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जायेगा आज होलिका दहन है होली का त्योहार कल मनाया जायेगा होली को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है कोरोना संक्रमण को देखते हुये प्रशासन ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करते हुये होलिका दहन मनाने की अपील की है होली को लेकर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि होली प्रेम उल्लास बन्धुत्व और सामाजिक समरसता का एक ऐसा अनेूठा पर्व है जिसमें सभी लोग जीवन की मस्ती के रंगों में रंग जाते हैं इस त्योहार से हमारी सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता भी मजब्रत होती है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि असत्य अहंकारऔर पाखंड पर सत्य के विजय पर्व के रूप में हजारों वर्षों से होली का त्योहार मनाते आये हैं उन्होंने प्रदेशवासियों से होली का त्योहार सद्भाव और भाईचारा के साथ मनाने की अपील की है इधर होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से होलिका दहन में प्लास्टिक रबर टायर जले हुए मोबिल और किरासन तेल जैसे प्रद्रषणकारी चीजों का उपयोग नहीं करने को कहा है बोर्ड अध्यक्ष ए के घोष ने कहा कि ऐसे पदार्थों से वायुमंडल में गैसीय प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है जिससे मानव स्वास्थ्य और हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है होली को लेकर राजधानी पटना समेत ग्रामीण इलाकों के बाजारों में भी रौनक है लोग जमकर खरीददारी कर रहे हैं रंग गुलाल और पिचकारी की बिक्री भी खूब हो रही है होली के मौके पर बनने वाले पकवानों के सामान से दुकानें भरी पड़ी हैं कई दुकानदारों ने होली से जुड़ी सामग्री की होम डिलिवरी की सुविधा भी ग्राहकों को दे रखी है इस बीच प्रशासन ने लोगों से बाजारों में मिलने वाले पनीर और अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान देने की अपील की है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में आज और कल मौसम शृष्क रहेगा विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य के आस पास रहेगा जबकि हवा की गति में थोड़ी कमी आयेगी उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव बना रहेगा मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि इस महीने के अंत तक तापमान में और बढ़ोतरी के आसार हैं

निजी विमानन कम्पनी स्पाईस जेट इन शहरों के लिए एक एक विमान का परिचालन कर रहा है नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है रोहतास जिले के नोहट्टा प्रखंड स्थित पंडुका गांव के पास सोन नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति केन्द्र सरकार ने दे दी है सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने बताया कि इस पुल के निर्माण पर दो सौ चार करोड़ रूपये खर्च होंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल के नये दिशा निर्देशों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है होली और शब ए बरात पर भीड़ जमा न होने दे दैनिक जागरण ने असम और पश्चिम बंगाल में हुये मतदान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है होली पर वोट का दिखा चटख रंग दैनिक भास्कर ने पंचायत चुनाव की अटकलों के बीच शीर्षक बनाया है ईवीएम पर केन्द्र और राज्य चुनाव आयोग सहमत नहीं प्रभात खबर ने शराब तस्करी से जुड़े मामले को सुर्खी बनाते हुये लिखा है दस दिनों में ही अपना रूट और पैटर्न बदल दे रहे शराब तस्कर राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है भारत बांग्लादेश में पांच समझौते